इंसेफ्लाईटिस से अब तक तैंतालीस बच्चों की हो चुकी है मौत

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन कल मूजफ्फरपूर में इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे डॉक्टर हर्षवर्द्वन श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल का दौरा करेंगे जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं साथ ही वे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे उनके साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी रहेंगी इधर आज केन्द्रीय टीम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर पूरे मामले की समीक्षा की दल में शामिल चिकित्सकों ने श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में डॉक्टरों के साथ गहन विचार विमर्श किया साथ ही इस दल में शामिल डॉक्टरों ने पीड़ित बच्चों को भी देखा केन्द्रीय टीम ने इस संबंध में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी है टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र राष्ट्रीय विषाणु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ शामिल हैं मुजफ्फरपुर रवाना होने से पहले दल के सदस्यों ने पटना में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि अब तक इस बीमारी से तैंतालीस बच्चों की मौत हो चुकी हैं मुजफ्फरपुर के दोनों अस्पतालों में साठ बच्चों का इलाज चल रहा है जिनमें छह की हालत गंभीर है समस्तीपुर में तीन और वैशाली जिले में पांच बच्चों की मौत की खबर है हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है विषाणुओं के संक्रमण से मस्तिष्क में होने वाली सूजन को दिमागी बुखार कहते है यह रोग ज्यादातर विकासशील देशों में पाया जाता है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में तंत्रिका विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर पदमा ने आकाशवाणी समाचार को बताया साउंड बाईट एक्यूट इंसेफलाइटिस एक ब्रेन की इंफैक्शन है जो कई कारणों से ये हो सकता है तो एक्यूट इसेफलाइटिस कई वायर्सिस के थ्रू आ सकता है उसमें जापानी इंसेफलाइटिस एक कारण होता है किसी को भी अचानक बुखार हो गया सिरदर्द हो गया इसके अलावा दौरे पडने लगे बेहोशी की हालत हआ तो ये डेफिनेटली एक इसेफलाइटिस के सिंड्रोम हो सकता है इर्पोटेंट ये है कि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहच जाओ उतना अच्छा होगा राज्य सरकार ने टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता दो साल और बढ़ा दी है इससे अस्सी हजार से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है गौरतलब है कि दो हजार ग्यारह और दो हजार सत्रह में दोनों ही पात्रता परीक्षाओं में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गयी है वैधता बढ़ने से टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा में पेयजल संकट से निपटने के लिये अधिकारियों को हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है आज दरभंगा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने जिला प्रशासन द्वारा पेयजल संकट से निपटने के लिये उठाये गये कदमों की सराहना की उन्होंने कहा कि इस समस्या को आपदा की श्रेणी में रखकर इसके निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर घर तक पाईप लाईन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प है लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिये है श्री पासवान ने कहा कि झारखंड विधानसभा चूनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करने को लेकर वहां की प्रदेश इकाई से बातचीत के बाद कोई फैसला करेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि समाज कल्याण विभाग में स्मार्टफोन खरीदने में लगभग सात करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में श्री कुशवाहा ने कहा कि विभाग में अप्रचलित हो चुके मोबाईल बाजार मूल्य से अधिक मूल्य में खरीदे गये उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मोहम्मद बकरूद्दीन का अंतिम संस्कार आज पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के मोरकाही में किया गया इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम संस्कार से पूर्व शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया लोग मोहम्मद बकरूद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे थे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 श्री मुंडा नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे साउंड बाईट आगामी दिनों में हम इसके साथ ही ये ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि जो इस मंत्रालय से लामान्वित हो रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं उसे हमें ट्रैक करना है तो हम इस पोर्टल के माध्यम से उसको एनालाइस करेंगे उसका डेटा डालेंगे कि वो किस सैक्टर में किस तरीके से रोजगार के साथ जुड रहा है देश में जो ट्राइबल आबादी है मान लिजिये कि वो साढ़े दस करोड़ है मान लेते हैं कि वो साढ़े दस करोड़ लोगों का डेटाबेस बना कर के उसको ट्रैक करना है ये हमारा लक्ष्य है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे देशवासियों और विदेश स्थित भारतीयों से अपने मन की बात साझा करेंगे यह इस मासिक कार्यक्रम का चौवनवां संस्करण होगा दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार रखेंगे कार्यक्रम के लिये प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचारों को साझा करने का अनुरोध किया है लोग माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर प्रधानमंत्री के नाम हिन्दी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करवाया जा सकता है इसके अलावा श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिये मिले लिंक से भी सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं इनमें कुछ संदेशों को प्रसारण में शामिल किया जा सकता है पटना वैशाली जहानाबाद अरवल पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सीवान गोपालगंज समस्तीपुर दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई जगहों पर आंधी के कारण कच्चे घरों को नुकसान हुआ है पेड़ों के उखड़ जाने के कारण बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जतायी है केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अभी प्री मॉनसून बारिश हो रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनने लगी हैं और अठारह से बीस जून के बीच मॉनसून का आगमन हो सकता है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुयी मौत से उग्र ग्रामीणों ने दो हाइवा ट्रक में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी

एनआईए की पटना स्थित विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के जबलपूर स्थित आयुध डिपो से एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में आज एक महिला आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी सूपौल जिले के राघोपूर थाना क्षेत्र के धरमपट्टी गांव स्थित एक पेट्रोलपंप से अपराधियों ने हथियार के बल पर ढाई लाख रूपये लूट लिये

इंसेफ्लाईटिस से अब तक तैंतालीस बच्चों की हो चुकी है मौत